यह व्यवस्था देते हुए संविधान पीठ ने आगाह किया कि सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल निगरानी रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है और पारदर्शिता के मुद्दे पर विचार करते समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना चाहिए

न्यायालय ने केन्द्र को इस मुद्दे पर विचार विमर्श तेज करने और तीन दिसम्बर को इसके निष्कर्षो के बारे में बताने को कहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने जयपूर में यह घोषणा पत्र जारी किया श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पानी बिजली सड़क सहित विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि सरकार पहले की तरह प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम चलाएगी और कच्ची बस्तियों के लोगों को पट्टे दिए जाएंगे इस बीच प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार और तेज हो गया है उम्मीदवारों के पास प्रचार के लिए अब केवल एक दिन बाकी है वहीं मतदाता जागरूकता के लिए कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जालौर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया पाली में आज प्रत्याशियों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ ईवीएम तैयार की गई

दो दिन पहले शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद जावडेकर को इस मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया

सिपाही ने हिंडौन के एक व्यक्ति से सीआईडी का सब इंस्पेक्टर बनकर कॉलेज की मान्यता फर्जी बताकर और लड़कियों से ली गई फीस को अवैध बताते हुए उससे एक करोड रूपए की रिश्वत मांगी थी

पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत ब्यूरो में की

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जालौर सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंधक को आज पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए गिरफतार कर लिया बीकानेर में एक अन्य कार्रवाई में ब्यूरो की टीम ने भरूखीरा गांव के हल्का पटवारी अभिषेक चौधरी और उसके सहायक विरेन्द्र सिंह को पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे श्री डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी कारण प्रदेश शिक्षा के मामले में देशभर में दूसर्रे स्थान पर आ गया है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने ग्रामीणों में उनके गांव के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के लिए इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं इसके तहत सुबह गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा

समापन समारोह में फ्रांसिसी सेना की तरफ से समीक्षा अधिकारी एम एस दाना पुरस्कारेस्कु डिप्टी हेड ऑफ मिशन थे तथा भारतीय सेना की तरफ से मेजर जनरल इंदरजीत सिंह जनरल ऑफिसर कमांडिंग गांडीव डिवीजन समीक्षा अधिकारी रहे

झालावाड़ के झालरापाटन में कार्तिक चंद्रभागा मेले में आज पर्यटन विभाग की ओर से आज कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया